श्रीमती राजे सिरोही और स्वरूपगंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगी इससे पहले मुख्यमंत्री पाली जिले के आउवां गांव में पैनोरमा का उदघाटन करेंगी

यह पिछले वर्ष छह दशमलव सात प्रतिशत थी

आर्थिक कार्य सचिव एस सी गर्ग ने नई दिल्ली में बताया कि काले धन पर रोक आतंकवाद के धन के स्रोतों पर पाबंदी डिजीटल लेन देन को बढ़ावा और जाली नोटों की समस्या से छटकारा जैसे लक्ष्य हासिल कर लिये गये हैं

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर व्यक्ति को पोषण का महत्व बताने के लिए अगले महीने में पोषण सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों स्कूल प्रबन्धन समितियों सामाजिक संगठनों राजकीय विमागों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जायेगा

इसके साथ ही इन अदालतो के निर्णयों को भी ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजन विशाल ने बताया कि जयपुर के झोटवाड़ा और गोपालपुरा क्षेत्र में स्टोर शुरू करने के लिये जगह चुन ली गई है और दीपावली से पहले इन्हें शुरू कर दिया जायेगा श्री विशाल कल जयपुर में कॉनफैड के व्यवसाय और कार्ययोजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे

दौसा के हरिपुरा गांव में इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली रैली के माध्यम से स्कूल के बच्चों ने ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण का संदेश दिया इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए वहीं जैसलमेर में सिविल एयरपोर्ट पर एक सामाजिक संगठन द्वारा वन महोत्सव मनाया गया यह संगठन जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट को हरा भरा बनाने के लिए ग्यारह सौ पौधे लगाएगा

बारिश के कारण बेणेश्वर धाम इस साल तीसरी बार टापू में बदल गया है और बेणेश्वर जाने वाले तीनों रास्ते अवरूद्व है